इसमें सेना प्रमुखों ने पाकिस्तान से बार बार घुसपेठ का जवाब देने के लिये सर्जिकल स्ट्राइक बढाने की जरूरत बताई रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोवा और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसमें भाग लिया इससे पहर्ले प्रधानमंत्री ने जोधपुर में देश के सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को दर्शाने वाली पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

भारतीय सशस्त्र बलों खासतौर पर विशेष बलों के साहस शौर्य और बलिदान की झांकी प्रस्तुत करने के लिए कल शाम नई दिल्ली के इंडिया गेट लॉन में पराक्रम पर्व का आयोजन किया गया

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत से अपने फैसले में कहा कि संबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी स्त्री पुरूष के बीच भेदभाव है और इससे हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को चुर्नाती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाने वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में फैसले से असहमत न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा ने कहा कि गहरी धार्मिक आस्था वाले मुद्दों को समानता का माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दिये जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इससे धर्म और भी अधिक समावेशी बनेगा

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वे कड़े कदम उठाये

कल दुबई में रोमांचक मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को तीन विकेट से हराकर सातवीं बार एशिया कप का खिताब जीता

बंगलादेश के लिटन दास को मैन ऑफ द मैच और भारत के शिखर धवन को मैव ऑफ द सीरिज घोषित किया गया